राष्ट्रप्रति रामनाथ कोविंद ने बच्चों की बेहतर शिक्षा पर जोर दिया है उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में दो दिन के ज्ञान कुंभ के उद्घाटन अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार के नियम अपनाने और उनके चरित्र निर्माण में भी योगदान करें राष्ट्रपति ने केन्द्र के सहयोग से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार की भूमिका की सराहना की

राष्ट्रपति ने ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया श्री कोविंद ने कहा कि हम स्वस्थ भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार स्रजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और देश के समग्र विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है

इसमें से कुल खरीद का तीन प्रतिशत महिला उद्यमों के लिए आरक्षित हो यानी सरकारी कंपनियों के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी खरीद का कम से कम तीन प्रतिशत महिला उद्यमकारों से ही खरीदें

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए सरकार के खरीद पोर्टल ई मार्केट प्लेस जीईएम में अंशदान जरूरी होगा केंद्र सरकार की सभी कम्पनियों के लिये जैम की सदस्यता लेना जरूरी कर दिया गया है इतना ही नहीं वह अपने सभी वेंडर्स एमएसएमई को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगे जिससे इनके द्वारा की जा रही खरीद में भी एम एसएमई को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री के इन उपायों का स्वागत किया है उद्योग संगठनों ने कहा कि इससे इस क्षेत्र के लिए ऋण मिलने में आसानी होगी और इनकी समस्याएं दूर की जा सकेंगी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सूक्ष्म लघु और मंझोले कारोबारियों को बहुत ही कम समय में एक करोड़ रूपये तक का लोन दिये जाने पर कहा कि इससे व्यापारियों में बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया यह फैसला भाजपा सरकार के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को दोहराता है

वह अपने आप में एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित आगरा और मुजफ्फरनगर में रामायण के मराठी संस्करण गीत रामायण का आयोजन करने का फैसला किया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि गीत रामायण के कार्यक्रम गजानन दिगम्बर मद गुलकर जिन्हें आधनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है और मराठी गायक सुधीर फड़के की स्मृति में आयोजित किये जायेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज रामपूर में लोक निर्माण विभाग की मंडल स्तरीय विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया इस दौरान जिले के महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि जनता के हित में कई योजनाओं और अधूरे कार्यो को पूरा किया जा रहा है उन्होंने केन्द्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रही है

प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस और बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का तोहफा दिया है

बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का लाभ पाने वालों में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी भी शामिल है पहली जुलाई से इक्तीस अक्टूबर तक बढ़े डीए का भुगतान जीपीएफ में जमा किया जायेगा जबकि नवम्बर के डीए का भुगतान वेतन के साथ किया जायेगा बोनस और डीए के भूगतान से सरकार के राजस्व पर एक हजार सात सौ सत्तावन करोड़ पच्चीस लाख रूपये का अतिरिक्त भार पड़े गा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर आम लोगा को सशक्त बना रही है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विकास और समावेशन पर कम खर्च आता है नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन सम्मेलन में श्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है सम्मेलन में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर और प्रदेश के विधि तथा न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने आज लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नवीन कार्यालय भवन की आधारशिला रखी इस अवसर पर विधि एवं न्यायमंत्री श्री पाठक ने कहा कि यह संस्था गरीबों एवं समाज के वंचित वर्ग को निःशल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है और पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता का कार्य भी करती है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बताया कि यपी एटीएस के द्वारा मियामी एयरपोट पर हमले की धमकी देने वाले जालौन के युवक के विरूद्व कानूनी कार्रवाई को जा रही है लखनऊ में आज आयोजित प्रेसवर्ता में उन्होंने बताया कि इस युवक ने अमेरिका के मियामो एयरपोर्ट को उडाने की धमकी दी थी